न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर प्रशासन को केन्द्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंध के सभी आदेशों की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने को कहा है न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायधीशों की पीठ ने प्रशासन को अस्पतालों और शिक्षण केन्द्रों जैसी आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने वाले संस्थानों में इंटरनेट सेवायें बहाल करने का निर्देश भी दिया न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता बहमूल्य और पवित्र अधिकारहै

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा है कि आंतकवादियों और अपराधियों दवारा सुचना के द्रूपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत साईबर स्रक्षा कानून की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि इंटरनेट का विकास संसदों के लिए एक वरदान है क्योकि डिजीटल प्रौदयोगिकी ने उन्हें जटिल कार्य करने में सक्षम बनाया है श्री बिरला ने स्चेत किया कि सोशल मीडिया से ज्ड़ी वेबसाइट और ऐप्लीकेशन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है जिसके साथ साइबर अपराधों का जोखिम भी बढ़ गया है

म्ख्यमंत्री आज पंचक्ला में हरियाणा प्लिस दवारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो व इंडियन पुलिस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के सहयोग से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के द्रसरे दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की स्रक्षा स्निश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं

भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि नागरिकता संशोध्न कानून का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश में रहते अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचाना है

उन्होंने कहा कि ये सभी भारत मे इस उम्मीद से आते है कि भारत मे उन्हें संरक्षण मिलेगा और रहने की आज़ादी मिलेगी इसी उद्देश्य को सामने रखकर इस कानून को पारित किया गया है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस अधिनियम को लेकर भ्रम फैसला रहे है ये कानून नागरिकता देने का अधिकार है न की किसी की नागरिकता छीनने का उधर यम्नानगर में भी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने क्षेत्र के बूडिया खारवन इलाके मे जन जागरण अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया इस मौके पर उनहोंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मे देश का कोई नागरिक या धर्म प्रभावित नहीं होगा उन्होंन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस कानून के प्रति लोगों में भ्रांतियों के खतम करने और जागरूकता लाने का आहवान किया राष्ट्रीय य्वा दिवस के अवसर पर रेवाड़ी में परसों राज्य स्तर पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया जायेगा चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हये मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से इस मैराथन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इसके बाद वे के एल पी कालेज में आयोजित यूवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

मैराथन के लिए निर्धारित रूट के तहत रेवाड़ी के आईओसी चौक से दक्ष प्रजापति चौक तक जगह जगह स्वामी विवेकानंद जी के जीवन आदर्शो पर आधारित प्रेरक संदेश की ग्रंज भी स्नाई देगी

उधर झज्जर के उपाय्क्त जितेन्द्र दहियां ने कहा कि मैराथन प्लिस लाइन में मुख्यमंत्री राजनीतिक सचिव अजय गौड़ करेंगें उन्होंने कहा कि शहर में स्रक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधायें भी उपलबध रहेगी इसी तरह अम्बाला के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने शहर मे आयोजित होने वाली मैराथन के लिए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिये उन्होंने बताया कि अम्बाला में हर्बल पार्क के पास मैराथन का आयोजन किया जायेगा हरियाणा के सरकारी कालेजों में पढ़ने वाले विदयार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार शुरू की गई स्टार्ट अप प्रतियोगिता में अव्वल पांच टीमों को पांच पांच लाख रूपपये का प्रस्कार दिया जायेगा

हरियाणा में आज दो जगह ह्ये सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और ट्रक की ट्रक में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई मृतक नोएडा के रहने वाले बताये जा रहे है उधर पानीपत में छाजप्र गांव के पास बस पटलने से दो यात्रियों की मौत हो गई इस हादसे घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है भारतीय जनता पार्टी की राजबाला मलिक को आज चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर च्ना गया है जबकि बीजेपी के ही रविकांत शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और जगतार सिह डिप्टी मेयर च्ने गये है